स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्धारो के तहत पारदर्शी और स्विधाजनक आधिकारिक कामकाज के लिए ई ऑफिस को बढ़ावा दिया जा रहा है म्ख्यमंत्री ने कहा कि ई आबकारी पोर्टल से अब राज्यभर के आबकारी विभाग के सभी कर्मियो प्रशासनिक विभागो और हितधारको के बीच ऑनलाईन संपर्क बना रहेगा और लाइसेंस जारी करने के अलावा राजस्व संग्रह भी डिजिटल तरीके से होने से व्यवसायियों के समय में बचत होगी श्री खांड् ने पीप्ल्स फ्रेंडली और पारदर्शी प्रशासन के प्रति वचनबद्धता व्यक्त करते हुए आबकारी विभाग से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस पोर्टल के जरिए प्रभावी कामकाज के लिए प्रशिक्षित करने को कहा इस अवसर पर उपम्ख्यमंत्री चाऊना मेन ने कहा कि विभाग का उद्देश्य सूचना प्रौदयोगिकी के उपयोग के माध्यम से वेब बेस्ड अप्लिकेशन दवारा नागरिको की शिकायतो को दूर करना और राजस्व चोरी रोकना है

इस योजना का उद्देश्य देश में विश्व स्तर के खाद्य उत्पाद निर्माता तैयार करना और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय ब्रांडों के उत्पादों को बढावा देना है आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर तथा वाणिज्य और उदयोग मंत्री पीयूष गोयल ने एक संय्क्त संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी श्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस योजना से रोजगार बढेगा टिकाऊ मूल्य श्रृंखला का निर्माण होगा और भारतीय उत्पादों को मजबूत ब्रांड लागत का फायदा मिलेगा यह योजना अगले छह वर्ष में लागू की जाएगी

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी

यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ब्किंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से ब्किंग कराने की जरूरत नहीं होगी

राज्य में कोरोना के चार सक्रिय मामले है और कल कोविड जाच के लिए राज्य भर से दो सौ पचास सैंपल एकत्र किए गए

आज अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओ को संबोधित करते हए संघ ने कहा कि सरकार दवारा विभिन्न विभागो के कार्य प्रा होने के बावजुद ठेकेदारो को समय पर बिलों का भुगतान न होने से उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पर रहा है